राज्य में तेज गर्मी और लू से पूरा प्रदेश बेहाल हो रहा है

प्रदेश में लगातार बढ रही तेज गर्मी से आम जनजीवन पर खासा असर पडा है हमारे धौलपुर संवाददाता ने बताया कि इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं इस कारण जिला प्रशासन को लोगों को गर्मी और गर्मी की वजह से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है

चूरु में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद कुछ किसानों द्वारा बोई गई फसलें जलने लगी हैं

वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने फैसला किया है कि अगले वर्ष पहली अप्रैल से देश में इस मानक का पालन करने वाले वाहनों की ही बिक्री और पंजीकरण होगा

जिसका मतलब है कि केवल वही वाहन भारत में पंजीकृत और बेचे जाएंगे जो इन मानकों का अनुपालन करेंगे यह मानक स्तर और अन्तर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप है

राज्यपाल कल्याण सिंह ने इस संबंध में कल आदेश जारी कर दिये है इस सत्र के जुलाई माह तक चलने की संभावना है उधर विधानसभा अध्यक्ष डॉ सी पी जोशी ने सत्र को लेकर तैयारियां किये जाने के निर्देश दिये हैं

इस परिसीमन के बाद राज्य के निकायों में वार्डो की संख्या में बढोतरी होगी राज्य सरकार ने इस संबंध में कल एक अधिसुचना जारी कर दी

वार्डो के पुनर्गठन में विधानसभा की सीमा को नहीं तोड़ने तथा दो विधानसभा क्षेत्रों की सीमा का एक वार्ड नहीं बनाने और एक वार्ड दो प्रलिस थानो की सीमा में विभाजित नहीं करने के निर्देश दिये गये है

वहीं मेडिकल कॉलेजों में दो सौ उनहत्तर चिकित्सक शिक्षकों की भर्ती भी होगी

चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कल जयपुर में आयोजित एक समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी

बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासन सचिव हेमंत गैरा एनएचएम मिशन निदेशक डॉ समित शर्मा सहित विभागीय आला अधिकारी मौजूद थे

मुख्य सचिव ने कहा कि खसरा और रुबेला गंभीर बीमारियां हैं और पोलियो से भी बड़ी चुनौती हैं उन्होंने कहा कि इन्हें केवल टीकाकरण के माध्यम से ही रोका जा सकता है और इसीलिए देश भर में इस बीमारी से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है

देवस्थान विभाग ने प्रदेश के बडे ट्रस्टों में लगातार आ रही अनियमितताओं की शिकायतों के बाद जांच कराने का निर्णय लिया है देवस्थान और पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कल उदयपुर में आयोजित विभाग की राज्यस्तरीय बैठक में ये जानकारी दी श्री सिंह ने कहा कि राज्य के बड़े ट्रस्टों में अनियमितताओं की शिकायत मिल रही है जिसकी समिति बनाकर जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

राज्य सरकार द्वारा बाकी रह गए पात्र किसानों को ऋण माफी योजना का लाभ देने के लिए कल से आधार आधारित अभिप्रमाणन के लिए विशेष शिविरों की शुरूआत हई

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान को सहकारी बैंक या ग्राम सेवा सहकारी संमिति या पास के ई मित्र केन्द्र पर जाकर दस्तावेज जंचवाने होंगे राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग देने वाले भामाशाहों और प्रेरकों को राज्यस्तरीय समारोह में सम्मानित किया जायेगा

समारोह की तैयारियों के लिए कल जयपुर में बैठक आयोजित की गई